चीन यात्रा से बचने की भी दी सलाह और बोधगया में आज से तीन दिवसीय बौद्ध महोत्सव शुरू

जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और महासचिव पवन कुमार वर्मा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आज दल से निष्कासित कर दिया दोनों नेता पिछले कई दिनों से पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार की राजनीतिक कार्यशैली को लेकर खुलेआम आलोचना कर रहे थे श्री कुमार ने कहा कि पार्टी में जिन्हें रहना है उन्हें पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना होगा उन्होंने कहा कि जो भी सिद्धांतों की अवहेलना करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मृत्युदंड पाए चार दोषियों में से एक मुकेश कुमार सिंह की याचिका खारिज कर दी न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका का तेजी से निपटारा किये जाने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने इस पर गहन विचार नहीं किया इस बीच एक अन्य दोषी अक्षय कुमार ने आज उच्चतम न्यायालय में क्यूरेटिव याचिका दायर की न्यायालय के फैसले पर निर्भया की मां ने कहा साउंड बाईट कानून को सात साल से फोलोव कर रही हूं मैं कानून पर भरोसा करती हूं जो भी कानून जैसे भी समय देगा उसके साथ ही चलूगी लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब हमें इसाफ मिलेगा और उनको फासी होगी देशद्रोह के एक मामले में गिरफ्तार जेएनयू छात्र शरजील इमाम को आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया गया पेशी के दौरान कोर्ट के बाहर कुछ वकीलों ने देशद्रोही को फांसी दो के नारे लगाये शरजील इमाम को कल दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था शरजील पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में कई राज्यों में राजद्रोह का मामले दर्ज किया गया है केन्द्र सरकार ने चीन में फैले कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए देश के नागरिकों को अपरिहार्य कारणों के अलावा चीन यात्रा से बचने का परामर्श जारी किया है इसमें चीन से आने वाले सभी यात्रियों को अपने स्वास्थ्य पर बारीकी से निगाह रखने को भी कहा गया है मंत्रालय ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ बैठक की और इस दिशा में किए जा रहे उपायों की समीक्षा की इस बीच आयुष मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों के दौरान यूनानी दवाएं काफी लाभकारी होती हैं मंत्रालय ने लोगों को व्यक्तिगत सफाई रखने बार बार साबुन से हाथ धोने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है साथ ही बिना धुले हाथों से आंख नाक और मुंह को छूने से बचने को भी कहा गया है इधर कोरोना वायरस से संक्रमण की आशंका को देखते हुये नेपाल से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण सीतामढ़ी मधुबनी अररिया किशनगंज और सुपौल जिले में स्वास्थ्य शिविर लगाये जायेंगे स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार ने अधिकारियों को जोगबनी फारबिसगंज और रक्सौल के प्रवेश द्वार पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक दो हजार बीस को मंजूरी दे दी है इस विधेयक में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम उन्नीस सौ इकहत्तर में संशोधन का प्रावधान है इस विधेयक को संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में बताया कि पहले यह अवधि बीस सप्ताह तक थी

राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिया है कि न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन नब्बे दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाये मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय में लंबित अवमानना मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर विभिन्न विभागों को यह निर्देश दिया गया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर राज्य के सभी पंचायतों में बैंक शाखा खोलने का आग्रह किया है अपने पत्र में श्री मोदी ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों खासकर गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में एटीएम सुविधा उपलब्ध कराने सहित विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने का अनुरोध किया है

हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बौद्ध महोत्सव में देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं

राज्य के कई इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई बिहारशरीफ में सबसे अधिक सोलह दशमलव दो मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गयी जहानाबाद बरबीघा और बगहा में दो से चार मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान मे कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान घना कोहरा छाया रहेगा और न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है नौ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ फारबिसगंज आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा सहरसा के महिषी विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर अब्दुल गफूर को आज उनके पैतृक गांव बहोरबा में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द ए खाक किया गया डॉक्टर गफूर का लंबी बीमारी के कारण कल नई दिल्ली में निधन हो गया था ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम के महासचिव मौलाना एसएम फैज शमसी लखनवी ने अब्दुल गफूर के इंतकाल पर गहरा शोक व्यक्त किया है पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदमारी रोड में अपराधियों ने प्रोफेसर शिव नारायण राम की गोली मारकर हत्या कर दी हत्या से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया सुपौल जिले में सदर थाना क्षेत्र के हरदी नहर के निकट सुपौल सिंहेश्वर मार्ग पर आज अपराधियों ने दिनदहाड़े एक मवेशी व्यापारी से दो लाख उनचास हजार रुपये लूट लिए खगड़िया के जिलाधिकारी अनिरूद्ध कुमार ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नील गाय द्वारा रबी फसल को क्षति पहुंचाये जाने की शिकायत पर अनुमंडल पदाधिकारी और वन अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये हैं शेखपुरा के अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए दो साल के सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी है बेगूसराय पूलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ एक महिला सहित पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है खगड़िया के वाणिज्य कर उपायुक्त रवि रंजन आलोक ने राजस्व चोरी के मामले में पांच फर्मों पर चित्रगुप्त नगर थाना में आवेदन कर प्राथमिकी दर्ज करायी है बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर मूंगेर के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मोहम्मद मंसूर आलम ने जमुई जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित लिपिक शंभु प्रसाद यादव को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई का आदेश जारी किया है

चीन यात्रा से बचने की भी दी सलाह और बोधगया में आज से तीन दिवसीय बौद्ध महोत्सव शुरू